राजधानी रांची के रिम्स से कल कोरोना के नौ मरीज ठीक हो कर निकले हैं इन सभी की रिपोर्ट लगातार निगेटिव आई थी इस खबर से जिला प्रशासन सहित उन मरीजों के परिवार वालों में खुशी है रिम्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ नौ मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आयी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने कहा कि यह हमारे लिए किसी जीत से कम नहीं है यह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत की तरफ बढ़ रहे हमारे कदमों का एक नमूना है हम जल्द ही पूरी रांची से कोरोना को खत्म कर देंगे रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि यह जिले के लिए एक अच्छी एवं पॉजिटिव खबर है हम उस दौर में हैं जहां नेगेटिव होना खुशी की बात हो गई है जल्द ही हम सभी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे और पूरे जिले को इससे मुक्त कर पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कहा है कि अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है और मृत्यु दर तीन दशमलव तीन प्रतिशत है

उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी विवादों का सहमति से निपटारे के लिए लगातार काम कर रहा है श्री गडकरी ने वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफेक्वर्सस के साथ एक बैठक में कहा कि कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन अब ऑटो उद्योग में नकदी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है इससे दीर्घकाल में कीमतें घटाने में मदद मिलेगी उन्होंने सुझाव दिया कि ऑटो विनिर्माण क्षेत्र में नकदी बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी से सस्ते ऋणों की सम्भावना तलाशी जानी चाहिए

मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में लॉकडाउन के बावजूद रबी सीजन में गेहूं और धान की खरीद प्रे जोर शोर से चल रही है

कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस दोनों आम तौर पर अपने आप ही सैटल कर जाते हैं अस्सी प्रतिशत में तो ऐसी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं दस से पंद्रह पर्सेंट में उनको अस्पताल में कुछ दवाई दी जाती है और वो सैटल हो जाते हैं पांच पर्सेंट या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने विशेषकर संक्रमण क्षेत्र में आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन मानकों का गंभीरता से पालन करने की सलाह दी है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

विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल किट की खरीदारी करेगी इस किट में कॉपी पेन पेंसिल रबर कटर और इंस्ट्रमेंट बॉक्स षामिल होगा

झारखंड राज्य षिक्षा परियोजना के निदेषक उमाषंकर सिंह ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को बैग मिले हैं उन्हें ही किट दिये जायेंगे

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना में बदलाव की घोषणा की यह योजना देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय सुचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा अन्य विश्वविद्यालय और संस्थानों के छात्र भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे पीएचडी कर रहे छात्र भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे श्री पोखरियाल ने कहा कि इससे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शोध को बढावा मिलेगा

लॉक डाउन के बीच लातेहार जिला के प्रवासी मजदूर बाहर के कई राज्यों में फंसे हैं जिन्हें हेमंत सरकार के कटिबद्धता से विभिन्न माध्यम से गृहजिला लातेहार वापस लाया जा रहा है

इधर सभी लोगों को चंदवा व मनिका स्थित रिसिविंग सेन्टर में हेल्थ स्क्रीनिंग किया गया फिर भोजन के बाद सभी को चौदह दिनों के लिए क्वॉरटिन सेन्टर भेजा गया जहां से सैम्पल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा जायेगा बताते चलें कि प्रारंभिक जांच में किसी प्रवासी पर कोरोना का लक्षण नहीं मिला है

ऐसे में डेढ़ माह तक कोरेन्टाइन में रहने के बावजूद बंगाल के मजदूर अपने घर नहीं जा सके बॉर्डर पर मौजूद पुलिसकर्मी द्वारा सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिन्ग का पालन करने की सलाह दी गयी सभी लोगों को पुनः वापस मूरी के कोरेन्टाइन सेंटर में भेजा गया बॉर्डर में एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को सैनिटाइज कराया गया मजदूरों को लाने ले जाने वाले बस को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव इलाके में पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया

इसके साथ दस मई से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आधारित ब्याज दर सात दशमलव चार प्रतिशत से कम होकर सात दशमलव दो पांच प्रतिशत पर आ जायेगी लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक ने रिटेल टर्म डिपोजिट श्रेणी में एक नया उत्पाद एसबीआई वी केयर डिपोजिट शुरू किया है इस नये उत्पाद के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच वर्षों या उससे अधिक अविधि वाले रिटेल टर्म डिपोजिट्स पर तीस आधार अंकों का अतिरिक्त प्रीमियम दिया जायेगा ये योजना तीस सितम्बर तक खुली रहेगी

हजारीबाग बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के खिरगांव के रहनेवाले एक महिला समेत उसके दो बच्चों की संदिग्ध स्थिति में झलसने से मौत हो गयी महिला की मौत घटना स्थल पर ही हो गयी जबकि दोनों बच्चों की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गयी साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉक डाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को लौटने का सिलसिला जारी है

राज्य के विभिन्न जिलों में फंसे लोग परेषान हो रहे हैं ऐसे में विभिन्न जिले या राज्य के बाहर फंसे लोग निजी वाहन से जाने के लिए पास ले सकते हैं